मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कोहरा छाये रहने की जताई संभावना पांच दिनों तक मौसम रहेगा श्ष्क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

वहीं सवाई माधोपुर चूरू और टोंक के बाद अब झुंझनूं जिले में कोई भी सकिय मामला नहीं बचा है

राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई

शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सिद्दार्थ महाजन ने बताया कि इसके लिए सभी जिलों में सत्र आयोजित कर हैत्थ केयर और फ़ंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं श्री महाजन ने बताया कि आज शेष रहे फ़ंट लाइन वर्कर्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन सत्रों का आयोजन किया जाएगा

उधर बूंदी से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में आज पुलिस कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा इसके अलावा स्थानीय नगरीय निकायों में शेष रहे कार्मिकों का भी टीकाकरण होगा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

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है

हालांकि आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए दूसरा अवसर नहीं मिलेगा केन्द्र ने इस बारे में विद्यार्थियों की ओर से दायर कई याचिकाओं में जवाब दिया विद्यार्थियों ने याचिका में परीक्षा में बैठने के लिए एक और अवसर की मांग करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण वे परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके

उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी पेयजल योजना में ढिलाई और अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा डॉ कल्ला ने कल जयपुर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में जल जीवन मिशन और अन्य पेयजल परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक ली उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रही पेयजल परियोजनाओं के कार्यो में विलम्ब नहीं हो

इससे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर होगी

पुलिस उपायुक्त मेट्रो रिचा तोमर ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं को सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा और सम्मान के लिए महिला अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है

मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में दो दिन सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाये रहने की भी संभावना व्यक्त की है